विभिन्न स्थानों पर लोग अपने परिचितों को रंग लगाते दिखाई दे रहे हैं इस त्योहार को लेकर युवाओं में विशेष उत्साह है ढोल नगाड़ों के साथ युवाओं की टोलियां रंगों के साथ सड़कों पर देखी जा सकती हैं शिमला के रिज मैदान पर भी लोग इसी तरह रंगों से सराबोर है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के निवास स्थान ओकओवर में भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं इस पर्व को देखते हए पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने लोगों को होली उत्सव की श्भकामनाएं दी हैं आचार्य देवव्रत ने आशा जताई कि रंगों का ये त्यौहार आपसी भाईचारे की भावना सुदृढ़ कर देश की एकता व अखंडता को मजबूती देगा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि होली उत्सव से सामाजिक सौहार्द की भावना मजबूत होती है सांसद शांता कुमार ने भी लोगों को बधाई दी है

इसमें पक्षियों की आवाज की पहचान व देखे गए पक्षियों की सूची दी गई है ये सूची ई बर्ड वैबसाईट पर भी उपलब्ध है वन विभाग के अतिरिक्त प्रधान सचिव तरूण कपूर और प्रधान मुख्य अरण्यपाल जीएसगोराया समेत अनेक वरिष्ठ अधिकारी इस मौके मौजूद रहे

मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में आज बादल छाये हुए है लाहौल स्पिति कुल्लु और चंबा जिला की उंची चोटियों पर हल्का हिमपात और बारिश होने का समाचार है

ह अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का बतौर राज्यसभा सांसद का कार्यकाल दो अप्रैल को पूरा होने की खबर को प्रमुखता दी है

दैनिक जागरण लिखता है नड़डा दूसरी बार जा सकते हैं हिमाचल से राज्यसभा

आपका फैसला स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार के हवाले से लिखता है शीघ्र दूर होंगी आयुर्वेदिक डॉक्टरों के वेतन की विसंगतियां

दिव्य हिमाचल की एक खबर है अब जाति बोनाफाईड सर्टिफिकेट के लिए नहीं खाने पड़ेगे धक्के

अब एक नजर संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय होली के रंग में लिखता है कि खुशी के मौके पर हुड़दंग का खामियाजा किसी को लंबे समय तक भुगतना पड़ सकता है सभी को ऐसे तत्वों का विरोध करना चाहिए दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय समारोहों में पर्यटन का रंग में हिमाचली समारोहों व मेलों की वयवस्था व देखरेख के लिए एक स्वतंत्र मेला प्राधिकरण गठित किए जाने की बात कही है आपका फैसला ने अपने संपादकीय उच्च न्यायलय का कड़ा रूख में लिखा है कि प्रदेश के पास बहुत बड़ी सम्पदा है